बापू ने पश्चिम बंगाल के सोदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने और एकजुट रहने की अपील की थी हिन्दुस्तान एक है और भूगोल उसकी एक कड़ी है और इतने वर्षों से हम एक ही हिन्दुस्तान में पढ़े हैं प्रधानमंत्री दीन दयाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान व कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा उन्होंने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया

नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसे समय में भी स्वदेशी पर बल दिया था जब तत्कालीन सरकारों ने विदेशी आयात पर आधारित आर्थिक वृद्धि के मॉडल को अपनाया था

दीनदयाल श्रद्धांजलि इस बीच प्रदेश में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की गई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे महान बुद्धिजीवी द्रदर्शी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी के दिल्ली रिथित कार्यालय में दीन दयाल उपाध्याय को श्रद्वाजंलि दी भाजपा के शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए गए कुसुम्पटी भाजपा मंडल के शिमला ज़िले के कोटी में हुए एक कार्यक्रम में कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान विचारक थे जिन्होंने जनसंघ की राजनीतिक विचारधारा को जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया पुस्तक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में डॉक्टर इंद्र सिंह ठाक्र द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया इस बीच प्रदेश विश्वविद्यालय की दीन दयाल उपाध्याय पीठ ने आज एक संगोष्टी का आयोजन किया जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने मुख्यतिथि के रूप में भाग लिया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक़्र ने आज शिमला रिथित पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स व कमान केंद्र का शुभारम्भ किया इस अवसर पर प्रदेश पुलिस और आईआईटी मंडी के बीच आपसी विचार विमर्श के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

डिस्पैच प्रदेश पुलिस और आईआईटी मंडी के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उदेश्य पुलिस कर्मियों को नई तकनीकों अपराधो का सामयिक व भौगोलिक विश्लेषण ई चालान और अपराध विज्ञान जैसे मामलों में ज्ञानवर्धन करने की सुविधा प्रदान करना है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस अवसर पर कहा कि आईआईटी विद्यार्थियों को भी इसके माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली जानने और समझने का मौका मिलेगा

मुख्यमंत्री ने तकनीँक के बेहतर इस्तेमाल पर पुलिस विभाग की सराहना की

मीडिया बैठक इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन अक्तूबर को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए प्रस्तावित दौरे को लेकर मीडिया प्लान बैठक की अध्यक्षता की और इस आयोजन के सीधे प्रसारण के लिए विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने के प्रबंध करने के निर्देश दिए राजेंद्र गर्ग प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को घर के नजदीक ही राशन उपलब्ध करवाया जा सके खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदामों के निरीक्षण के बाद ये जानकारी दी उन्होंने इस दौरान खाद्य वस्तुओं की ग्णवत्ता का जायजा लिया और अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से लाहौल स्पीति जिले में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं कृषि व बागवानी गतिविधियां भी तेज होंगी

शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने संसद में हाल ही में पारित कृषि संबंधी विधेयकों को किसानों व बागवानों के हितों के विरूद्व बताया

दिव्यांग प्रदेश विश्वविद्यालय ने दिव्यांग विद्यार्थियों को सभी विभागों में हर वर्ष पीएचडी में एक अतिरिक्त सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है और ऐसा करने वाला प्रदेश विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है